कल जयपुर में हई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रभारी मंत्रियों के जिलों के दौरों पर चर्चा की गई बैठक में बजट घोषणाओं के अंतर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की गई बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि सब मिलकर काम करें तो आने वाले समय में राईट दू हैत्थ संभव है

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जल्दी ही प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत की जायेगी

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए एमएमटीसी को यह कदम उठाने को कहा है

उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के सभी प्रयास कर रही है

इस वर्ष सितंबर और अक्तूबर महीने में जीएसटी संग्रह घट गया था

पिछले महीने रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन ई वीजा हज मोबाइल ऐप ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा ई सामान प्री टैगिंग के जरिए भारत में ही मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के संबंध में हज यात्रियों को सभी जानकारी देने का इंतजाम किया गया है हज ग्र्प ऑर्गेनाइजर्स के नाम से एक पोर्टल भी विकसित किया गया है जिसमें हज यात्रा पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है

इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र और केन्द्रीय जनजाति मामलात मंत्री अर्जन मुंडा और केन्द्रीय जनजाति मामलात राज्य मंत्री रेणुका सिंह करेंगे

बालिका का शव रविवार सुबह झाड़ियों में मिला घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि ये घटना बेहद शर्मनाक है दोषियों को किसी भी हालत में बक्शा नहीं जाएगा

सेना की ओर से आयोजित की जा रही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवा पीढी को सेना में भर्ती के लिये प्रोत्साहित करना है